मंत्रियों और विधायकों के वेतन भत्तों में की गई कटौती पहली अप्रैल से बहाल करने की घोषणा

और प्रदेश भाजपा ने बजट को संतुलित व ऐतिहासिक बताया जबकि कांग्रेस ने बजट को दिशाहीन करार दिया

बजट में नारी शक्ति और निम्न वर्ग के कर्मचारियों के कल्याण पर जोर दिया गया है

बजट में विधायक क्षेत्र विकास निधि को बहाल करने के साथ साथ इसमें बढ़ोतरी भी की गई है साथ ही मंत्रियों और विधायकों के वेतन व भत्तों में की गई कटौती भी पहली अप्रैल से बहाल हो जाएगी बजट पर कोरोना महामारी का असर स्पष्ट दिखाई दिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है ऐसे में प्रभावी कर अनुपालना भारत सरकार के सहयोग और बेहतर वित्तीय प्रबंधन से संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी

अगले वित्त वर्ष का यह बजट महिला कल्याण और सशक्तिकरण सामाजिक सुरक्षा विस्तार स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण व विस्तार किसानों की आय में वृद्धि स्वर्ण जयंती आश्रय योजना रोजगार सुजन औद्योगिक विकास व आधारभूत ढांचे पर बल और शिक्षा में गुणवत्ता पर आधारित है

वहीं शग्न नाम से नई योजना की भी घोषणा की गई है

मुख्यमंत्री ने योजना विभाग का नाम बदलकर नीति विभाग करने की भी घोषणा की

मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान योजना आरंभ करने का ऐलान किया

मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी शिमला में पैट स्कैन व ट्रामा सेंटर इसी साल शुरू करने और मधुमक्खी पालन बोर्ड गठित करने की भी बजट में घोषणा की

विधानसभा में बजट पेश करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद सरकार ने बजट में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है जयराम ठाक्र ने कहा कि बजट में जहां महिला सशक्तिकरण को प्रमुखता दी गई है वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी अधिक ध्यान दिया गया है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने और विस्तार देने का प्रयास किया गया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों का कल्याण सरकार की वचनबद्धता है और उन्हें नए वेतनमान देने के लिए भी कृतसंकल्प है लेकिन इसके लिए फिलहाल सरकार पंजाब के अगले वित्त वर्ष के बजट का इंतजार करेगी प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों ने बजट को संतुलित और समाज के हर वर्ग के कल्याण के प्रति समर्पित बताया भाजपा प्रतिक्रिया प्रदेश भाजपा ने बजट को संतुलित सर्वहितकारी और ऐतिहासिक बजट बताया है पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के चलते आर्थिक संकट के बावजूद सरकार ने संतुलित बजट प्रस्तुत किया है उन्होंने कहा कि बजट में किसान बागवान पुष्प उत्पादक पशुपालक और विद्यार्थियों व कर्मचारियों सहित प्रत्येक वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बजट में महिला सशक्तिकरण सामाजिक सुरक्षा विस्तार स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण सहित शिक्षा व किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है प्रतिक्रिया कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने बजट को निराशाजनक बताते हुए इसे महज आंकड़ों का मायाजाल करार दिया है विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि बजट में प्रदेशवासियों को झांसा देने की कोशिश की गई है उन्होंने बजट को दिशाहीन और दृष्टिहीन करार देते हुए प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मुख्यमंत्री से मांग की उन्होंने कहा कि बजट में न तो महंगाई को कम करने का कोई जिक्र है और न ही बजटीय घाटे को पूरा करने का कोई प्रावधान है अग्निहोत्री ने सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप भी लगाया पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बजट को दिशाहीन बताते हुए कहा कि इसमें बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से निपटने के लिए कोई भी कारगर उपाय नहीं है वीरभद्र सिंह ने कहा कि कोविड से प्रभावित अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए बजट में कोई प्रावधान नही किया गया है उन्होंने बजट को लोगों की आकांक्षाओं के विपरीत बताया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इसमें प्रदेश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के सुधार के कोई भी ठोस प्रयास नही है राठौर ने कहा कि बजट में न तो लोगों को कोई राहत दी गई है और न ही बेरोजगारी व महंगाई से लड़ने की कोई योजना है माकपा वहीं माकपा विधायक राकेश सिंघा ने भी मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट को काल्पनिक करार देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने बिना बजट प्रावधान के कई बड़ी घोषणाएं कर दी हैं उन्होंने कहा कि बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में कोई समानता नहीं है सिंघा ने सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए की गई घोषणाओं का स्वागत भी किया